पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है

ये पुरस्कार उन श्रेष्ठ शिक्षकों को दिये गये हैं जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से न केवल स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार किये बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी बेहतर बनाया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूलों में ही चरित्र निर्माण का आधार बनता है राष्ट्रपति ने शिक्षकों से उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां समझने को भी कहा रामनाथ कोविंद ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न केवल एक महान दार्शनिक राजनीतिज्ञ और लेखक थे बल्कि एक विलक्षण शिक्षक भी थे राष्ट्रपति ने राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा के प्रधानाचार्य विकास महाजन को भी राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया इस साल ये पुरस्कार पाने वाले विकास महाजन प्रदेश के एक मात्र शिक्षक है उन्हें ये सम्मान स्कूल में गरीब बच्चों की आर्थिक सहायता करने और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का निशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए प्रदान किया गया विकास महाजन को सम्मानित किए जाने पर स्कूल के शिक्षकों सहित बच्चे भी बेहद खुश हैं नुकसान गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव कुमार जिंदल के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल भारी वर्षा से प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हिमाचल के दौरे पर है दल ने कल कांगड़ा जिला के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और वर्षा से हए नुकसान का जायजा लिया संजीव कमार जिंदल ने अधिकारियों से किसी भी प्राकृतिक आपदा से बेहतर तरीके से निपटने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने की सलाह दी

पुरस्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए मंडी ज़िले को इस साल दूसरे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर दिल्ली में केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से ये प्रस्कार प्राप्त करेंगे

वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए शिमला ज़िला को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल शक्ति अभियान के तहत नाहन विकास खंड में पेयजल संरक्षण और संवर्धन के लिए तालाबों व चैकडैमों का निर्माण किया जा रहा है वे आज नाहन निर्वाचन क्षेत्र के माजरा में उठाऊ पेयजल योजना के संवर्धन कार्य का शिलान्यास करने के अवसर पर बोल रहे थे

रामस्वरूप मंडी ज़िला की सिमस पंचायत की लंबे समय से चली आ रही बस सुविधा शुरू करने की मांग पूरी हो गई है सांसद रामस्वरूप शर्मा ने जोगिन्द्रनगर बस अड़डे से आज जोगिन्द्रनगर सिमस बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इससे सिमस पंचायत और लडभड़ोल के लोगों सहित माता सिमसा के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी रामस्वरूप शर्मा ने इस मौके पर जोगिन्द्रनगर में परिवहन निगम के नए डिपो का भी उदघाटन किया जोगिन्द्रनगर के विधायक प्रकाश राणा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सेब सीज़न के दौरान सेब ढुलाई को लेकर बागवानों को हो रही मुश्किलों पर चिंता जाहिर की है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था से बागवानों सहित आम लोग भी परेशान हैं और प्रदेश सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है कुलदीप राठौर ने सरकार से बागवानों की समस्या हल करने और उनके नुकसान की भरपाई करने का आग्रह भी किया है

उन्होंने कहा कि लाहौल स्पिति में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और रोहतांग टनल के खुलने से यहां पर्यटन व्यवसाय भी बढ़ेगा अमर नेगी ने बताया कि इच्छुक निवेशक इस मिनी कनक्लेव में भाग ले सकते हैं